चौदह हजार छह सौ सतहत्तर सकिय मरीजों का उपचार जारी सुप्रीम कोर्ट और यूजीसी के निर्देश के बाद राज्य के विश्वविद्यालयों और उसके अंगीभूत कॉलेजों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षा के आयोजन की तैयारी शुरू टोरी रेलवे स्टेशन पर टाना भगतों का आंदोलन जारी सरकार की दो सदस्यीय टीम आज करेगी वार्ता राज्य सरकार और मनरेगा कर्मचारी संघ के बीच आज हुई बैठक बेनतीजा रही तीन मांगों पर सहमति के बाद लिखित आश्वासन पर अड़े रहे मनरेगा कर्मी

बुधवार की रात जारी नये आंकड़ों के मुताबिक झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या चौवालिस हजार आठ सौ बोसठ हो गयी है जिनमें उनतीस हजार सात सो सैंतालिस मेरीज स्वस्थ्य हो चुके हैं राज्य में अभी चौदह हजार छह सौ सतहत्तर कोरोना सक्रिय मरीज हैं जिनका उपचार झारखंड के विभिन्न कोविड अस्पतालों में चल रहा है अबतक नौ लाख अस्सी हजार से अधिक सैंपल की जांच की जा चुकी है

राज्य के तीन जिले रांची पूर्वी सिंहभूम और धनबाद सबसे अधिक प्रभावित हैं

जिले के वैसे क्षेत्र जहां से ज्यादा संख्या में कोरोना मरीज सामने आए हैं वहां विशेष जांच कँप लगाकर लोगों का सँपल लिया जा रहा है गुरुवार को सिविल सर्जन डॉक्टर नीलम चौधरी ने बताया कि जिले के अलग अलग प्रखंडॉ में जांच शिविर में कुल एक हजार एक सौ इकहत्तर लोगों के सैंपल लिया गया धनबाद के उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने जिले के होटल और अन्य आतिथ्य इकाइयां के संचालकों को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर एसओपी का सख्ती से अनुपालन का निर्देश दिया है उन्होंने कहा कि एसओपी का अनुपालन नहीं किए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी उपायुक्त ने कहा कि होटलों के प्रवेश द्वार पर हैंड सैनिटाइजर रखना तथा थर्मल स्क्रीनिंग करना अनिवार्य होगा होटल के कर्मचारी और आगंतुकों को मास्क या फेस कवर के साथ ही प्रवेश करना होगा

लिफ्ट में सीमित संख्या में लोगों को प्रवेश करने की अनुमति होगी होटल में आने वालों को ट्रैवल हिस्ट्री स्वास्थ्य जानकारी पहचान पत्र तथा स्वघोषित शपथ पत्र भी देना होगा इसके अलावा उपायुक्त ने रेस्टोरेंट के लिए भी निर्देश जारी किए हैं

पांच खदानों को सूची से हटाकर तीन नये कोयला खदानों को शामिल किया गया है झारखंड के खदानों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है झारखंड में ब्रम्हडीहा चमला चितरपुर चोरीटांड तिलैया गोंडुलपारा उत्तरी धादू राजहरा उत्तर सेरेगढ़ा उरमा और पहाड़ीटोला कोयला खदान शामिल है सर्वोच्च न्यायालय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी े द्वारा जारी निर्देश के बाद राज्य के विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर एवं स्नातक स्तर की विभिन्न परीक्षाओं के आयोजन की तैयारी शुरू कर दी गई है इस कम में विनोबा भावे विश्वविद्यालय में परीक्षा के आयोजन को लेकर क्लपति डॉ मुक्ल नारायण देव ने अंगीभूत महाविद्यालयों के प्राचार्यो के साथ बैठक की

कुलपति डॉ मुकुल नारायण देव ने बताया कि सरकार इस मामले में एसओपी शीघ्र जारी करेगी वहीं इस मामले को लेकर कुलाधिपति सह राज्यपाल के प्रधान सचिव ने भी बैठक की है उन्होंने यह भी बताया कि संभवतः इस माह विश्वविद्यालय में परीक्षा ली जा सकती है

इस बार झारखंड से दो शिक्षकों का चयन किया गया है जिन शिक्षकों का चयन किया गया है उनमें एक स्मिथ कुमार सोनी हैं जो सिमडेगा जिले के बानो प्रखंड के सरकारी मिडिल स्कूल में कार्यवाहक हेड टीचर के रूप में कार्यरत हैं उन्होंने स्कूल के बुनियादी ढांचे के उन्नयन और अपने स्कूल में लडकियों के उच्च नामांकन के लिए सामुदायिक सहयोग में उल्लेखनीय काम किया है श्री सोनी ने बालिका शिक्षा और उनके सशक्तीकरण के साथ साथ अपने क्षेत्र में बाल विवाह और बाल श्रम जैसी शोषणकारी प्रथाओं की रोकथाम के लिए काम किया है उन्होंने छात्रों को पढ़ाने के लिए नवीन तरीकों को अपनाया वहीं बोकारो जिले के राम रूद्र प्लस दू हाई स्कूल चास की शिक्षिका निरुपमा कुमारी को भी पुरस्कृत किया जायेगा निरुपमा कुमारी हिंदी की अध्यापिका हैं और बहुत आकर्षक और समग्र तरीके से हिंदी भाषा सिखाती हैं उन्होंने शिक्षण के नए तरीकों का आयिष्कार किया है उन्होंने राज्य और राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के लिए एक संसाधन व्यक्ति के रूप में हिंदी शिक्षण के लिए ई सामग्री में योगदान दिया है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

आज राज्य सरकार की दो सदस्यीय टीम टाना भगतों के साथ वार्ता करेगी आपको बता दें कि ये अपनी मांगों के समर्थन में कल शाम से टोरी रेलये स्टेशन को जाम कर धरना पर बैठ गये जिससे इस मार्ग पर रेलये यातायात पुरी तरह प्रभावित हो गया इधर आज रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के मार्ग को परिवर्तित कर बोकारो स्टील सिटी गोमो गया होकर भेजा गया इससे पहले कल आंदोलन को देखते हुए नयी दिल्ली से रांची आ रही राजधानी एक्सप्रेस को डालटनगंज रेलवे स्टेशन पर ही रोक दिया गया वहीं पलामू जिला प्रशासन हारा यात्रियों को उनके गंतव्य तक भेजने के लिए बसों का प्रबंध किया राज्य के मनरेगा कर्मियों की वार्ता सरकार के साथ आज विफल हो गयी एक माह से अधिक समय से हडताल पर चल रहे मनरेगा कर्मचारी संघ और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के साथ आज प्रोजेक्ट भवन में बैठक हो रही थी मंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि बैठक में पांच प्रमुख मांगों पर चर्चा हुई जिसमें स्वास्थ्य बीमा सामाजिक सुरक्षा मृत्यू के बाद मुआवजा राशि बर्खास्त कर्मियों की वापसी और समान काम समान येतन शामिल है मंत्री ने बताया कि तीन मांगों सामाजिक सुरक्षा स्वास्थ्य बीमा और मृत्यू के बाद मुआवजा राशि देने पर सहमति बनी लेकिन संघ ने लिखित आश्वासन मांगा लिखित आश्वासन नहीं दिये जाने पर वार्ता विफल हो गयी इधर मनरेगा कर्मचारी संघ के सचिव जॉन पीटर बागे ने कहा कि राज्य सरकार जबतक उनकी मांगों पर ठोस पहल नहीं करेगी तबतक उनकी हड़ताल जारी रहेगी पश्चिमी सिंहमूम जिले के सारंडा के चालीस वनक्षेत्र के गांवों के विकास के लिए सरकार ने पहल शुरू कर दी है

पूरे देश में सितंबर महीने को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है इधर रामगढ़ जिले में भी पोषण माह के तहत जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में महिलाओं किशोरी बालिकाओं आदि को पोषण के प्रति जागरूक किया जा रहा है इस क्रम में आज आंगनबाड़ी केंद्रों पर गोद भराई रस्म का आयोजन किया गया जिसके दौरान सात से नौ माह की गर्भवतियों महिलाओं की गोदभराई की रस्म पुरी की गई इसमें गर्भवतियों को सतरंगी थाली और अनेक प्रकार के पौष्टिक खाद्य पदार्थ दिये गये इसके अलावा इन महिलाओं को खान पान से सबंधित कई दिशा निर्देश भी दिये गये भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी की हजारीबाग समिति की ओर से आज रेड क्रॉस भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया यह रक्तदान कार्यक्रम हजारीबाग गिरिडीह कोडरमा एवं चतरा जिला के थैलेसीमिया मरीजों को रक्त की जरूरत को देखते हुए किया गया सदर विधायक मनीष जायसवाल ने कार्यक्रम का उदघाटन करते हुए कहा कि थैलिसिमिया के मरीजों को रक्त की जरूरत पड़ती है ऐसे में रक्तदान आवश्यक है रेड क्रॉस सोंसाइटी व समाज थैलेसीमिया के मरीजों के लिए रक्त उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार प्रयासरत रहा है

चतरा जिले में एक राष्ट्र और एक राशनकार्ड की व्यवस्था एक सितंबर से लागू हो गई अब दूसरे प्रदेशों के कार्डधारी भी यहां के किसी नजदीकी जन वितरण प्रणाली की दुकान से राशन का उठाव कर सकते हैं

संस्थान के को ऑर्डिनेटर यश ने बताया कि जिले में इस बार गेंदा फुल की अच्छी खेती हई तो किसान इस बार फ़ल के बाजार से ही अच्छा पैसा कमा लेंगे एसएचजी मेंबर्स एग्रों हॉर्टिकल्चर को ऑपरेटिव के सहयोग से महिला किसान लगभग डेढ़ से दो करोड़ रुपये की फूल की मार्केटिंग करेंगी

अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप खलखो ने बताया कि मवेशियों को छपाकर ले जाया रहा था बुल्का जंगल में छापामारी कर पशु तस्करों को पकड लिया गया हालांकि कुछ अन्य लोग भागने में सफल रहे उन्होंने बताया कि गिरफ्तार दोनों लोगों ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया है गिरफतार तस्करों ने बताया कि पश् तस्करी में कई गिरोह हैं

बैठक में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर केन्द्र और राज्यों के कर स्वरूप वस्तु तथा सेवा कर क्षतिपूर्ति का भूगतान राजस्व घाटा अनुदान और वित्तीय सुद्रढता के मुद्दे पर विचार विमर्श होगा

दोनों सदन शनिवार और रविवार को भी काम करेंगे सदनों की बैठक दो पाली में सुबह नौ बजे से दिन में एक बजे तक और दोपहर बाद तीन बजे से शाम सात बजे तक होगी

गुरुवार को डीडीसी नागेंद्र सिन्हा ने टटी झरना का दौरा कर चल रहे कार्य का निरीक्षण किया और कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए

समाप्त